रांची में मिले एक सौ उनचालीस नए कोरोना संकमित अठहत्तर लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ कोरोना संकमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पहली बार रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन नहीं होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तीकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड मिला है राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर बारह हजार एक सौ चार हो गयी है पिछले चौबीस घंटे में सात सौ अड़तीस नए संक्रमित मिले है राज्य में अब तक तीन लाख तिहत्तर हजार नमूनों की जांच की गयी है रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक दो हजार एक सौ बाईस है वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संकमितों की संख्या एक हजार नौ सौ उनहत्तर है इसी तरह हजारीबाग में छह सौ पंद्रह गिरिडीह में पांच सौ बयासी कोडरमा में पांच सौ सड़सठ धनबाद में पांच सौ अठाईस गढ़वा में चार सौ चौवालीस कोरोना संक्रमित है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या चार हजार पांच सौ तेरह है वहीं कोरोना से एक सौ चौदह लोगों की मौत हुई है राज्य में दो लाख तैतालीस हजार से अधिक लोग होम क्वारंटाइन में हैं वहीं क्वारंटाइन सेंटर में पांच हजार आठ सौ बानबे लोग हैं रांची में कल एक सौ उनचालीस नए कोरोना मरीज मिले इनमें रिम्स के डॉक्टर नर्स और कर्मचारी भी शामिल हैं इसके अलावा रांची के डोरंडा खादगढ़ा करबला चौक पंडरा बोरेया बीआईटी मेसरा होटवार जेल और हरमू क्षेत्र से भी कोरोना के नये संक्रमित मिले हैं रांची से एक सौ अठाईस लोग इलाज के बाद कोरोना से स्वथ्य हुए हैं इनमें रांची विधायक सीपी सिंह भी शामिल हैं रांची विधायक सीपी सिंह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई चिकित्सों ने उन्हें एहतियात के तौर पर चौदह दिन क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है

ये कोष फरीदाबाद भुवनेश्वर नई दिल्ली पुणे और बेंगलुरू में बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड महामारी को नियंत्रित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभागके अथक प्रयासों की सराहना की स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड से जुड़ी सूचनाओं का जो डेटा बेस तैयार किया गया है वह कोरोना वायरस के स्वभाव को समझने में मदद करेगा जिससे महामारी के संक्रमण को रोकने में सहायता मिलेगी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

झारखंड अलग राज्य गठन के बाद बीस वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर समारोह का आयोजन नहीं किया जायेगा मोरहाबादी मैदान के चारो ओर से खुले होने व आम लोगों के इस कार्यक्रम में शरीक होने की संभावना को देखते हुए इस वर्ष यह कार्यक्रम डोरंडा स्थित जैप वन मैदान या फिर बिरसा मुंडा फूटबॉल स्टेडियम में होगा स्थल चयन को लेकर कल रांची के उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार झा ने जैप वन ग्राउंड और फुटबॉल स्टेडियम का जायजा लिया इस संबंध में रिपोट तैयार कर राज्य सरकार के पास निर्णय के लिए भेजा जायेगा इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मी स्वच्छताकर्मी और कोरोना को हरा चुके लोगों को आमंत्रित किया जायेगा आम लोगों को नहीं केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि समारोह की भव्यता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए लेकिन इसमें आम लोगों को आमंत्रित न करें स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित कार्यकम का वेबकास्टिंग करें जनजातीय कार्य मंत्रालय को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों के सशक्तीकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड मिला है जनजातीय कार्य मंत्रालय का यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने और पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आदिवासी युवाओं के विकास एवं पारदर्शिता की सोच को मंत्रालय ने धरातल पर उतारने की कोशिश की है इस स्तर की परियोजनाएं हमारे प्रधानमंत्री के विजन और डीबीटी मिशन नीति आयोग के लगातार मार्गदर्शन और मंत्रालय की पूरी टीम के सहयोग से संभव हुई है लॉकडाउन के दौरान आदिवासियों को समय पर उनका पैसा मिले इसके लिए पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है श्री मुंडा ने बताया कि वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के दौरान पांच छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत करीब दो हजार पांच सौ करोड़ रूपये इक्कतीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लगभग तीस लाख छात्रों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजे गए यह पोर्टल वेब सेवाओं के माध्यम से राज्यों को डाटा साझा करने की सुविधा प्रदान करता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत देशभर में दस करोड़ से अधिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है वर्ष दो हजार चौदह में शुरू किये गए इस अभियान के तहत दो अक्टूबर दो हजार उन्नीस तक सभी राज्यों के कई ग्रामीण क्षेत्र अपने को खुले में शौच जाने से मुक्त करने में सफल हुए हैं ओडीएफ की स्थिति बरकरार रखने के लिए शुरू किये गए अभियान के दूसरे चरण को ओडीएफ प्लस का नाम दिया गया है जिसमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है राज्य के खूंटी जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के दो लाख के इनामी नक्सली एरिया कमांडर दीत नाग को गिरफ़्तार करने में सफलता हासिल की है जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अड़की थाना क्षेत्र के रायतोडांग जंगल में नक्सलियों का जमावड़ा है सूचना के आधार पर छापामारी दल का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया

पलामू जिले की बहनें घर पर ही रक्षाबंधन की तैयारी कर रही है और यह दुआ कर रही हैं कि दुनिया के किसी भाई को कोरोना का संकमण नहीं हो

प्रभात खबर ने रांची में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है पहली बार मोरहाबादी मैदान में नहीं होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह दैनिक भास्कर ने राज्य में बढ़ते कोरोना संकमण की खबर को शीर्षक दिया हैं अगस्त विस्फोट पहले ही दिन कोरोना ने रिकार्ड चौदह की ली जान दैनिक भास्कर ने नेहतरहाट स्कूल में दाखिले की खबर को पहले पन्ने पर जगह दिया है शीर्षक है नेतरहाट कल से भरे जाएंगे एडमिशन फार्म दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य में कोरोना संकमण की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है इसके साथ ही अयोध्या में पांच अगस्त से राम मंदिर निर्माण से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है रामलला के नाम की गयी जन्म स्थान की जमीन दैनिक जागरण ने लॉकडाउन से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है रक्षाबंधन के बाद हो सकता संपूर्ण लॉकडाउन पत्र ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से संबंधित खबर को प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है रोजगार मांगने नहीं देने वाले तैयार करेगी नई शिक्षा नीति रांची एक्सप्रेस ने इसी खबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से शीर्षक दिया है नई शिक्षा नीति से युवा खुद चुनेंगे अपनी राह द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पिछले चौबीस घंटे में अब तक के सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या को पहले पन्ने पर जगह दी है